मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून में सूर्यधार जलाशय झील का लोकार्पण किया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

मोदी मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि हाल के क़षि सुधारों ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इनकी मांग कर रहे थे

प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास के गांवों का दौरा करके किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें श्री मोदी ने कहा कि संकट के समय संस्कृति बहुत काम आती है

इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है उत्तराखंड दौरे पर आये केंद्रीय राज्यमंत्री ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि प्रदेश में नेटर्वक की समस्या को सुधारने और केंद्र सरकार की योजनाओं को तेजी के साथ पूरा करने के आदेश अधिकारियों को दिये गये हैं उन्होंने बताया कि बार्डर के गांवों में गृहमंत्रालय के सहयोग से काम किया जा रहा है केंद्रीय राज्य मंत्री ने बीएसएनएल को लेकर उड़ रही तमाम अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि बीएसएनएल को मजबूत किया जा रहा है किसानों के आंदोलन पर केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों की आदत होती है विरोध करने की उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार जो बिल लेकर आई है वह किसानों के लिये हर तरह से लाभकारी है सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन के क्षेत्र में चमोली जिले को कई सौगातें दी हैं जोशीमठ पहुंचे पर्यटन मंत्री ने जिले के लिए करोड़ों की लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इसके तहत उन्होंने औली में ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंक योजना का लोकार्पण किया इसकी लागत एक करोड़ अड़तीस लाख रुपये से अधिक है इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि जिले में आइस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के प्रयास किये जाएंगे जिससे पर्यटन क्षेत्र को फायदा होगा पर्यटन मंत्री ने कहा कि औली को जोड़ने वाली रोपवे को गौरसो तक बढ़ाने के प्रयास किये जाएंगे उन्होंने कहा कि विंटर स्पोर्ट्स के लिए गौरसो एक नया विकल्प बन सकता है और इसके लिए क्षेत्र को विकसित किया जाएगा

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस झील से क्षेत्र के कई गांवों को ग्रेविटी पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्यधार झील रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो गई है यह झील आने वाले दिनों में देहरादून जिले में नए पर्यटक स्थल के रूप भी उभरेगी उन्होंने कहा कि यहां पर सरकार की योजना नौकायन के साथ ही लोगों को प्रकृति का दीदार कराने और अन्य पर्यटन गतिविधियां संचालित करने की है खेल के साथ ही यहां मेलों का आयोजन भी किया जायेगा

अनिल बलूनी उत्तराखंड में जल्द ही कैंसर संस्थान खुलने की उम्मीद है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि उद्योगपति रतन टाटा ने इस दिशा में सहयोग करने पर सहमति दी है

इसके लिए उन्होंने टाटा ट्रस्ट और टाटा कैंसर हॉस्पिटल के अधिकारियों से चर्चा भी की थी

दुष्यंत कुमार गौतम ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने उत्त्राखण्ड प्रवास के दौरान सबसे पहले हरिद्वार में संतो से मुलाकात करने के साथ ही बूथ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे

स्मार्ट राशन कार्ड चम्पावत जिले में सस्ते गल्ले की उपभोक्ताओं को स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है एटीएम कार्ड की तरह दिखने वाले इन राशन कार्ड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और राज्य खाद्य सुरक्षा की भांति ही पूर्व की तरह अलग अलग रंग के कार्ड बनाये जा रहे है इन कार्डो पर उपभोक्ता का नाम पते के साथ ही पिछले पृष्ठ में पूरे परिवार का व्यौरा भी दर्ज है इस कार्ड पर अंकित क्यूआर कोड की मदद से उपभोक्ता आसानी से सस्ती दर पर राशन ले सकता है

कार्तिक स्नान कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कल होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है स्थानीय प्रशासन ने लोगों से कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने गंगा घाटों पर न आने की अपील की है इस दौरान बाहर से आने वाले श्रद्वालुओं के साथ ही स्थानीय लोगों को भी गंगा स्नान करने की अनुमित नहीं होगी